प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई सत्तासी दशमलव तीन पांच प्रतिशत अब तक तीन लाख बासठ हजार से अधिक मरीज हुए स्वस्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रिस्पॉन्सिबल ए आई सोशल एम्पॉवरमेंट दो हजार बीस राइस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस ए आई पर एक ऑन लाइन सम्मेलन कल से नौ अक्टूबर तक आयोजित कर रहे हैं राइस दो हजार बीस में स्वास्थ्य देखभाल कृषि शिक्षा स्मार्ट मोबिलिटी तथा अन्य क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन समावेशन और सशक्तिकरण पर विचार विमर्श होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे की भावना के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स का इस्तेमाल समावेशी विकास और सबके लिए उपलब्ध कराने की योजना है प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार भारत जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स के क्षेत्र में शीर्ष नेता के तौर पर स्थापित होगा और सामाजिक विकास में इसके इस्तेमाल का आदर्श बनेगा राइस दो हजार बीस में दुनियाभर के अनुसंधानकर्ता नीति निर्माता और विशेषज्ञ शामिल होंगे

उन्होंने कहा कि पहले चरण में लगभग बीस से पच्चीस करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा बुजुर्ग बच्चे अस्वस्थ व्यक्ति और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले पेशेवरों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने साप्ताहिक संबोधन रविवार संवाद में कोविड महामारी से निपटने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को टीके के लिए प्राथमिकता वाले वर्गों की सूची इस महीने के अंत तक देने को कहा गया है रविवार संवाद विशेष श्रंखला के चौथे कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने देश में टीके की उपलब्धता की समय सीमा का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत उच्चस्तरीय समितियां बनाई गई हैं इस समय टीके के परीक्षण का तीसरा चरण चल रहा है उन्होंने बताया कि सरकार आपूर्ति और टीका भंडारण सुविधाओं की तैयारी करने के लिए टीका निर्माता कंपनियों के साथ बातचीत भी कर रही है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि सुधार के लिए हाल ही में पारित तीनों विधेयकों से किसानों को लाभ होगा कल पणजी में उन्होंने कहा कि देश एक राष्ट्र एक बाजार की ओर बढ़ रहा है इससे कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी श्री जावड़ेकर ने कहा कि अब किसानों को अधिकतम मुल्य पर अपने उत्पाद बेचने की आजादी होगी श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्याज आलू और तेल को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है अब किसान अपने उत्पादों का भंडारण कर सकते हैं और अपने पसंद के खरीदार को बेच सकते हैं बरेली जिले के मीरगंज विधानसभा के हुरहरी गांव में कल वृहद किसान चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एवं संतोष गंगवार ने किसानों को सरकार की नीतियों और नये संशोधित कृषि कानून के प्रति जागरूक किया इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार किसानों की हितैषी है और उनकी आमदनी दोगुना करने के लिए प्रयासरत है उन्होंने कहा कि विपक्षी दल नये कृषि कानून का दुष्प्रचार कर किसानों को बहका रहे हैं जबकि इससे किसानों को काफी फायदा होगा केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कृषि कानून से किसानों का शोषण नहीं होगा किसानों ने कहा कि चौपाल में उन्हें नये कृषि संशोधन कानून के बारे में काफी जानकारी मिली है इससे उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा चौपाल में कई बुजुर्ग किसानों को सम्मानित भी किया गया प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा है कि नये संशोधित कृषि कानून को लेकर विपक्षी दल किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं केन्द्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में किसानों का सर्वाधिक हित हुआ है कल कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही और सांसद मेनका गांधी ने सुल्तानपुर जिले के बरासिन गांव में कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास किया इस मौके पर आयोजित समारोह में कृषि मंत्री ने किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि यहां किसानों को आधुनिक खेती किये जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा और नये नये शोध की जानकारी उन्हें मिल सकेगी उन्होंने कहा कि इस केन्द्र के माध्यम से किसानों को पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे वह अपनी आय बढ़ा सकेंगे

सांसद मेनका गांधी ने कहा कि किसानों को परम्परागत खेती के साथ आधुनिक खेती भी करनी चाहिए जिससे उनकी आय में वृद्वि होगी उन्होंने कहा कि नये कृषि बिल से किसानों को फायदा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन के सक्रिय मामले कम होने पर संतोष व्यक्त करते हुए संक्रमण से बचाव और उपचार की बेहतर व्यवस्था जारी रखने के निर्देश दिये हैं

एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन जनपदों में कोरोना के ज्यादा मामले निकल रहे हैं वहां पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और यहां कंटेनमेंट जोन बनाकर कार्रवाई की जाए

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में पन्द्रह हजार नौ सौ सतहत्तर कन्टेंमेंट जोन हैं जिनमें लगातार गिरावट हो रही है कोविड संक्रमण से ठीक होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है देश में संक्रमण मुक्त होने वालों की दर बेहतर होकर चौरासी दशमलव एक प्रतिशत हो गई है बलरामपुर में छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म मामले में कल अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड आर्डर प्रशांत कुमार ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की उन्होंने परिजनों को हरसंभव सहायता दिये जाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया उन्होंने कहा कि इस मामले में जिला प्रशासन अभियुक्तों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई भी कर सकता है एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों एवं महिलाओं के प्रति अपराधों पर सख्त है और दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा इस मामले में चार अभियूक्तों को गिरफतार किया गया है एक रिर्पोट हमारे संवाददाता सेः प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी और अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार कल बलरामुर पहुंचे और यहां एक अन्य कथित तौर पर सामूहिक दुराचार की पीड़ित युवती के परिवार से बातचीत की

परिजनों से मिलने के बाद अवनीश अवस्थी ने कहा कि उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में होगी और अगर जरूरत पड़ी तो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगाया जाएगा इस मामले से जुड़े चारों आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ सिविल सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा कल दो पालियों में सम्पन्न हुई इस परीक्षा के सफल उम्मीदवार जनवरी दो हजार इक्कीस में प्रस्तावित मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे